सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बैठक में बढती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को ब्नियादी सीमा श्ल्क और स्वास्थ्य उपकर से प्री छ्ट देने का निर्णय लिया है इन उपकरणो में ऑक्सीजन कनसेन्ट्रेटर कैन्निस्टर फिलिंग सिस्टम्स स्टोरेज टैंक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन प्लांट ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं सरकार ने अगले तीन महीने तक कोविड वैक्सीन को ब्नियादी आयात श्ल्क से छूट देने का भी फैसला किया है केन्द्र ने ऑक्सीजन और मेडिकल चीजों की आपूर्ति बढाने के लिए पिछले क्छ दिनों में कई उपाए किए हैं वाय् सेना के विमानों के जरिए सिंगाप्र से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लाए जा रहे हैं इन विमानों से देश में ऑक्सीजन टैकों की ढ्लाई भी की जा रही है ताकि इन्हें लाने ले जाने में कम से कम समय लगे

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ तिरपन हो गई है शुक्रवार को राज्य में कोविड जांच के लिए तीन हजार उनतीस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में आए कोविड के नए मामलों में लोअर दिवांग वैली जिले से सबसे अधिक अड़तीस ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सैतीस वेस्ट कामेंग से अट्ठारह पापुम पारे से ग्यारह ईस्ट सियांग से छह तवांग से पांच वेस्ट सियांग और चांगलांग से चार चार लोअर स्वनसिरी और लोहित से तीन तीन नामसाई और तिरप से दो दो और लेपादारा जिले से एक मामला शामिल है श्क्रवार को राज्य में स्वास्थ हए कोरोना रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सैतालीस वेस्ट कामेंग से नौ लोअर दिवांग वैली से चार और लोहित जिले से एक रोगी शामिल है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि नीम्बू और बेकिंग सोडा कोरोना संक्रमण का उपचार कर सकता है सरकार ने लोगों से इस तरह की गुमराह करने वाली खबरों से बचने की अपील की है

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर दाताओं कर विशेषज्ञों और अन्य संबद्ध पक्षों से समय समय पर मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं

मेदो यूथ लाईब्रेरी अपनी लाईब्रेरी वाकरो और बामबूसा लाईब्रेरी के वरिष्ठ पाठ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था कार्यशाला में कक्षा नौवीं और दसवीं के छात्रों के लिए प्स्तक पढ़ने थिएटर रिडिंग और कविता पाठ जैसे सत्र शामिल थे